कहा कोविड टीका कोविशील्ड के उपयोग पर नहीं लगायी गयी है रोक

नये वाहनों की खरीद पर पांच प्रतिशत की मिलेगी छूट बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य विभाग ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड का अब उपयोग नहीं होगा और सिर्फ को वैक्सीन के टीके ही लगाये जायेंगे विभाग ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है लोगों को कोविशील्ड के साथ साथ को वैक्सीन की खुराक उपलब्धता के आधार पर दी जा रही है और दोनों ही वैक्सीन तय मानकों पर पूरी तरह सुरक्षित हैं सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा है कि अभी देश में दो प्रकार के टीके कोविशील्ड और को वैक्सीन लोगों को दिये जा रहे हैं उन्होंने लोगों से दोनों डोज में एक ही कंपनी का टीका लगवाने को कहा है

इनमें से बारह लाख सतहत्तर हजार चार सौ बयासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख पैंतालीस हजार एक सौ उनासी लोगों को दूसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर देश में कोरोना टीका लेने वालों की संख्या तीन करोड़ इकहत्तर लाख से अधिक हो गयी है देश भर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के लगभग अठारह हजार नये मामलों की पूष्टि हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसमें सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आये हैं इधर बिहार में कल कोविड के अंठावन नये मामलों की प्रष्टि हुई है वहीं इसी अवधि में चालीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख इकसठ हजार दो सौ चालीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो सात प्रतिशत है फिलहाल तीन सौ तिरसठ मरीजों का उपचार चल रहा है जिसमें सबसे अधिक एक सौ सतहत्तर मामले पटना से हैं बिहार की सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के कोटे के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को ही आरक्षण देने के लिये नियमों में बदलाव होगा आज विधानसभा में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वर्तमान में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों पर अन्य राज्य की महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है उन्होंने कहा कि सरकार यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि राज्य की मूल निवासी सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसके लिये समय सीमा निर्धारित करने को कहा जिस पर मंत्री ने कहा कि समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा इसके बाद सभाध्यक्ष ने इस प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष तक प्रा कर लेने का निर्देश दिया राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने आज कहा कि अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया में संविदा पर पूर्व से कार्यरत अमीनों को उनके अनुभव के आधार पर पांच वर्ष का वेटेज दिया जा रहा है सीपीआई माले के महानंद सिंह के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि संविदा पर कार्यरत अमीनों को भर्ती प्रक्रिया में लाभ मिलेगा

कांग्रेस के आफाक आलम के प्रश्न के जवाब में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि राज्य के अंचल कार्यालयों में छियालीस लाख इकतालीस हजार से अधिक ऑनलाईन दाखिल खारिज के आवेदन मिले हैं जिसमें छत्तीस लाख पांच सौ सड़सठ आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज में गड़बड़ी करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिये नियम बनाये जा रहे हैं

शून्यकाल से पहले इस मुद्दे को कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और पार्टी के सिद्धार्थ सौरभ ने उठाया श्री शर्मा ने कहा कि हत्या की वारदात को बाईस दिन से अधिक हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने को कहा जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कभी कभी अपराधी को पकड़ने में विलंब हो जाता है उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है राज्य सरकार ने आज कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस के मुकाबले पिछले वर्ष सड़क हादसों में सात प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयी है परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के रामचंद्र पूर्वे के प्रश्न के जवाब में कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिये सरकार ने यातायात पुलिस को कई सुविधाएं प्रदान की हैं उन्होंने कहा कि लगभग चौबीस करोड़ रूपये की लागत से स्पीडगन और अन्य उपकरणों की खरीद की गयी है विधान परिषद में आज बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठी भाजपा के सच्चिदानंद राय ने कहा कि सरकार को इसके लिये केन्द्र को प्रस्ताव भेजना चाहिए इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जल्द ही केन्द्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जायेगा विधान परिषद् में संजय कुमार सिंह सत्तारूढ़ दल जदयू के मुख्य सचेतक बनाये गये हैं वहीं देवेश चंद्र ठाक्र और नवल किशोर यादव को सदन में भाजपा का उपनेता बनाया गया है जबकि दिलीप कुमार जायसवाल भाजपा के उप मुख्य सचेतक मनोनीत किये गये हैं कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज विधान परिषद् में ये जानकारी दी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करनी है श्री गडकरी ने कहा कि इससे वाहनों की ईंधन खपत कम होगी उद्योगों के लिए कम कीमत में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के जीएसटी में वृद्धि होगी श्री गडकरी ने सदन को बताया कि व्हीकल स्क्रैपिंग नीति के लागू होने से देश में तीन करोड़ सत्तर लाख से अधिक रोजगार सूजित होंगे साउंड बाईट मैं आप सब सांसदों आव्हान करता हूं कि हमारे देश में पीपीटी मोड में ड्राइविंग ट्रेनिंग इन्स्टीटचूट और फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले इन्स्टीट्यूट हमको खोलना है

लोगों को रोजगार चाहिए तो आपके क्षेत्र में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेटर्स फिटनेस सेटर्स और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सेटर्स आप खोलिए भारत सरकार से हम इसके लिए अनुदान भी देंगे और आपको मदद भी करेंगे बैंक भी इसके लिए आपके लोन देने के लिए तैयार है इससे इम्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ एलाइट सर्विस सेक्टर्स और आरएनडी के क्षेत्र में भी इसके कारण बहत रोजगार मिलेगा नई नीति में पूराने वाहन को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा जिसके आधार पर नये वाहन की खरीद पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी नये वाहन खरीदने वाले लोगों को वाहन का निबंधन शुल्क नहीं देना होगा और रोड टैक्स में पच्चीस प्रतिशत की छूट मिलेगी वहीं व्यावसायिक वाहन खरीदने वाले लोगों को पंद्रह प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इंटरनेट पर कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए लोकसभा में शून्यकाल के दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि भारत में एक सौ चालीस करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक व्हाट्स एप और लिंक्ड इन का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने कहा कि सरकार भिन्न विचार रखने वालों का सम्मान करती है लेकिन मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं है बल्कि इसके द्रूपयोग का है श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार कुछ कंपनियों द्वारा इंटरनेट का साम्राज्यवाद खडा करने के प्रयास को स्वीकार नहीं करेगी नालंदा जिले के मगही पान उत्पादक किसानों के पान पत्ते का निर्यात विदेशों में भी किया जायेगा इस पान को विशिष्टता के कारण भौगोलिक पहचान जीआई टैग प्राप्त है सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आरके सोहाने ने बताया कि इसके लिये विश्वविद्यालय तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद प्राधिकरण अपेडा के बीच समझौता हुआ है मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है आज कई स्थानों पर अधिकतम तापमान चौंतीस डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया सबसे अधिक छत्तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस तापमान भागलपुर का दर्ज किया गया वहीं पटना का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव दो गया का पैंतीस और पूर्णिया का चौंतीस डिग्री सेल्सियस रहा मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर रामदेव झा का आज दरभंगा में निधन हो गया वे पचासी वर्ष के थे डॉक्टर झा मैथिली के एकमात्र ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें साहित्य अकादमी के मूल पुरस्कार के साथ साथ अनुवाद पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला था उनके निधन पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि मृतका चौदह मार्च को सिपाही नियुक्ति के लिये आयोजित परीक्षा देने बेतिया गयी थी उसके बाद से ही वह लापता थी आज उसका शव त्रिवेणी नहर में मिला घटना से आक्रोशित लोगों ने बगहा अनुमंडल अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी

लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदपूर ढाला के पास अपराधियों ने एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस ने इस मामले में मृतक की पहली पत्नी को हिरासत में लिया है समस्तीपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छह सौ अठहत्तर कार्टन शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है पश्चिमी चंपारण जिले के कालीबाग चौकी क्षेत्र अंतर्गत वसंत टोला के पास एक कार और मोटरसाईकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी शेखप्रा पुलिस ने आज इंटरमीडिएट परीक्षा में अंक बढ़वाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को शेखोपूरा सराय प्रखंड के अस्थाना गांव से गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि अब तक इन लोगों ने तीन सौ से अधिक छात्रों से लगभग दस लाख रूपये की ठगी की है शिवहर जिले के प्रनहिया प्रखंड के बेदौलबाज गांव में अगलगी की घटना में दो दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गये

कहा कोविड टीका कोविशील्ड के उपयोग पर नहीं लगायी गयी है रोक

नये वाहनों की खरीद पर पांच प्रतिशत की मिलेगी छूट